उन्होंने कहा कि टीबी जैसी भयावह बीमारी से मुक्ति के लिए राज्य के सभी विश्वविद्यालयों ने पांच पांच गांवों को गोद लिया है उन्होंने कहा कि टीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अलावा शिक्षकों और आम लोगों की भी सहमागिता आवश्यक है श्रीमती पटेल आज सिद्वार्थनगर में सिद्वार्थनगर विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय में दो सौ तेईस करोड़ रूपए की लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि इसके लिए एक प्रदेश स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के लागू हो जाने के बाद विद्यार्थियों को एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने में आसानी होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में अब तक गरीब परिवारों की एक लाख पचहत्तर हजार कन्याओं की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत सम्पन्न की गयी है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी जातियों के गरीब परिवारों के लिये सामूहिक विवाह की योजना लागू की थी मुख्यमंत्री आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तत्वाक्यान में आयोजित तीन हजार पांच र्सी से अधिक कन्याओं के सामूहिक विवाह कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रदेश में अत्यन्त लोकप्रिय हयी है और इसे समाज के समी वर्गों ने सराहा और स्वीकार किया है श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले चार वर्षो में लोक कल्याण के लिये कई योजनाए और कार्यक्रम शुरू किये हैं मुख्यमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में श्रमिकों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि बिना उनके परिश्रम के कोई भी निर्माण कार्य सम्मव नही है श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिये प्रतिबद्ध है और इसके लिये कई योजनाएं लागू की गयीं हैं उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष लॉकडाउन के कठिन समय के दौरान प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के लिये भरण पोषण भत्ता श्रू किया था इसके तहत चौवन लाख से अधिक श्रमिकों के बैंक खातों में भत्ते की धनराशि सीधे अन्तरित की गयी मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कायों से जुड़े पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिये राज्य सरकार ने सभी अट्ठारह मण्डलों में अटल आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय किया है इन विद्यालयों में बच्चों को उत्तम और अत्याध्निक शिक्षा उपलब्ध होगी केन्द्रीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में व्हीकल स्कैपिंग नीति की घोषणा की इसका उद्देश्य प्रदूषण फैलाने और खराब ग्णवत्ता वाले वाहनों को चरणबद्व तरीके से इस्तेमाल से हटाने की व्यवस्था तैयार करनी है इस नीति पर सदन में बयान देते हुए श्री गडकरी ने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को कम करने से ऑटो मोबाइल क्षेत्र में बडा परिवर्तन आएगा उन्होंने कहा कि इससे वाहनों की ईंधन खपत कम होगी उद्योगों के लिए कम कीमत में कच्चे माल की उपलब्यता बढ़ेगी और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के जीएसटी में वृद्वि होगी श्री गडकरी ने सदन को बताया कि व्हीकल स्क्रैपिंग नीति के लागू होने से देश में तीन करोड़ सत्तर लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे प्रदेश सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय किया है सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि वर्ष दो हजार सत्रह तक प्रदेश में केवल बारह मेडिकल कॉलेज थे पिछले चार वर्षो में राज्य में तीस नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं इसके अलावा प्रदेश में गोरखपुर और रायबरेली में एम्स की स्थापना की गयी है यहां ओपीडी का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों गोरखप्र में एक कार्यक्रम में घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष के अंत तक गोरखपुर एम्स का लोकार्पण करेंगे राज्य में उच्च गुणवत्ता की चिकित्सकीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गयी है इसके अलावा भारतीय चिकित्सा पद्वति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय खोलने का भी निर्णय किया है आज विश्व पुर्नचक्रण दिवस है प्रत्येक वर्ष धरती अरबों टन प्राकृतिक संसाधन देती है लेकिन बहुत जल्द ही ये सब खत्म हो जाएंगे पुर्नचक्रण सीमित प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए विकास करने वाली अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है यह सीमित प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करता है इस अवसर पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से आग्रह किया है कि बेहतर कल के लिए आज पुर्नचक्रण करें एक ट्वीट में श्री जावडेकर ने कहा कि कम इस्तेमाल पुर्न इस्तेमाल पुर्नचक्रण और पुर्न इस्तेमाल योग्य बनाना नया मंत्र है